राज्यपाल ने एनसीपी को सरकार बनाने के लिए आज रात साढे आठ बजे तक का समय दिया है एनसीपी की ओर से कहा गया है कि पार्टी अपने सहयोगी दल कांग्रेस से इस बारे में विचार विमर्श करेगी और आज रात निर्धारित समय तक अपने निर्णय से राज्यपाल को अवगत करा देगी इससे पहले राज्यपाल ने भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना को सरकार बनाने की पेशकश की थी लेकिन दोनों ही पार्टियां सरकार बनाने में नाकाम रही उधर महाराष्ट्र के कांग्रेस विधायकों ने जयपुर में डेरा डाला हुआ है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कल कांग्रेस विधायकों से जयपूर में मुलाकात की वहीं कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में भाग लेने के लिए वरिष्ठ नेता दिल्ली रवाना हो गए है

हादसे में पांच लोग घायल हो गए और ब्योरा हमारे बीकानेर संवाददाता से

इसके लिए कृषि वैज्ञानिको को किसानों का सहयोगी बनना होगा राज्यपाल मिश्र ने कल जोबनेर में श्री कर्ण नरेन्द्र कृषि विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित उद्यिमता विकास और किसानों के सशक्तिकरण के लिए जैविक खाद उत्पादन और बायोगैस तकनीक में नई प्रगति के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम को सम्बोधित किया राज्यपाल ने नवनिर्मित सौर ऊर्जा संयंत्र और वर्षा जल संचयन संरचना का भी शुभारम्भ किया

इस अवसर पर आज प्रदेशभर के गुरूद्वारों में कीर्तन और अटूट लंगर का आयोजन किया जा रहा है प्रकाश उत्सव के अवसर पर आज राज्य से सुल्तानपुर लोधी के लिए निःशुल्क रोडवेज बसों का संचालन किया जा रहा है

राज्यपाल कलराज मिश्र मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने गुरूनानक देवजी की जयन्ती की प्रदेशवासियों को हार्दिक शुभकानाएं दी है

इस अवसर पर प्रदेशभर में लोग पवित्र सरोवरों में स्नान कर रहे है झालावाड़ से हमारे संवाददाता ने बताया कि जिले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आज चन्द्रभागा नदी पर भी महास्नान जारी है वहीं बांसवाड़ा के बेणेश्वर धाम स्थित त्रिवेणी संगम में श्रद्दालुओं ने ड्रबकी लगाई ब्रंदी जिले के केशोरायपाटन में भी आज कार्तिक पूर्णिमा पर महास्नान किया जा रहा है

सवाईमाधोपुर जिले के रामेश्वर धाम पर भी पवित्र स्नान जारी है पुष्कर में चल रहे अंतर्राष्ट्रीय मेले में कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मुख्य स्नान हो रहा है

अजीत सिंह ने इसी स्पर्धा में कांस्य पदक जीता इसी के साथ भारत ने अगले वर्ष होने वाले टोक्यों पैरालम्पिक खेलों के लिए भी तीन कोटा स्थान हासिल कर लिए है मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सुन्दर गुर्जर को इस उपलब्धि पर बधाई दी है मुख्यमंत्री ने अपने बधाई संदेश में कहा कि श्री सुन्दर गुर्जर ने लगातार दूसरी बार वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स चौंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है